केन्द्रीय सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने जन परिवहन को लोगों के और अनुकूल सुरक्षित और प्रद्र्षण मुक्त बनाने पर बल दिया है

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में श्री ग्रू गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है

दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का देशवासियों के आत्म विश्वास से सीधा सम्बध है और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तहत अपना घर बनने मे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे उन्हे यकीन हो गया है कि वो जीवन में म्शकिलों को पार पा सकते है

केन्द्रीय संड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने जन परिवहन को लोगों के और अनुकूल सुरक्षित और प्रद्षण मुक्त बनाने की जरूरत पर बल दिया है

हरियणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने आज महेन्द्र गढ़ जिले के गांव नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण कार्य श्रू करने बारे अधिकारियों के साथ मंथन किया उन्होंने सम्बधित विभागों के प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शे के माध्यम से अवलोकन किया और बारीकी से अध्ययन करने के बाद अधिकारियों को समय सीमा देते हये तय अवधि मे सभी औपचारिकतायें पूरी कर कार्य श्रू करने के निर्देश दिये समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नंगल चौधरी में इस लॉजिस्टिक हब के बनने से दक्षिणी हरियाणा मे पहली बार बह राष्ट्रीय कपंनियों का आगमन होगा और महेन्द्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा यह हब क्षेत्र के चहम्खी विकास एवं रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा

आज ग्रूग्राम और पानीपत में एक एक और यम्नानगर में दो कोविड मरीजों की मृत्यु भी हुई है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव के समापन समारोह में आज म्ख्य अतिथि के रुप में राज्यपाल एवं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के प्रधान श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने शिरकत की

प्रतियोगिताओं में बेटों की त्लना में प्रदेश की बेटियों ने तीन ग्ना अधिक भाग लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक किया है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में दशम पिता श्री गुरू गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव प्री श्रद्वा और उत्साह से मनाया जा रहा है दोनों राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के ग्रूदवारों में श्रद्वाल् बड़ी संख्या में पहंचे और पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद आलौकिक वाणी का आनंद लिया संगतों द्वारा सरबत के भले के लिए अरदास भी की गई अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में इस मौके पर दीपमाला भी की गई और कुछ ही देर में आतिशबाज़ी भी होगी

पंचकूला से हमारी संवाददाता के अनस्ार ग्रू जी के प्रकाश उत्सव पर श्री नाडा साहिब ग्रूद्वारे में हरियाणा व पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्वांल्ओं ने माथा टेकर और ग्रू का आर्शीवाद प्राप्त किया विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने भी श्री नाडा साहिब पहुंचकर ग्रूवाणी श्रवण की म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के सेक्टर सात स्थित ग्रूद्वारा सिंह सभा में माथा टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि का कामना करते हये सभी को प्रकाश उत्सव की बधाई दी सिरसा के दसवी पातशाही ग्रूदवारा में श्रद्वाल्ओं ने पवित्र सरोवर में स्नान किया और अरदास की यहां रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन से संगत को निहाल किया यमुनानगर जिले क विभिन्न ग्रूद्वारों में भी दीवान सजाये गये और चाय का लंगर लगाया गया भिवानी के ग्रूदवारों में भी आज ग्रू कीर्तन का प्रवाह चला और संगत ने इसका आनंद लिया तोशाम में भी युवा किसान संगठन के पदाधिकारियों ने ग्रू जी का प्रकाश उत्सव मनाया

विभिन्न सथानों पर कड़ाह प्रसाद और ग्रू की लंगर भी बरताये जा रहे है म्ख्यमंत्री मनोहर लाल कहा है कि सभी को राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करना चाहिए और इसमे कोई व्यवधान विवधान नहीं डालना चाहिए आज श्री ग्रू गोंबिंद के प्रकाश उत्सव पर लोगों को श्भकामनायें देने के बाद वे पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे उन्होंने किसानों के गणंतत्र दिवस दिल्ली में प्रवेश पर कहा कि दिल्ली और किसानों के प्रतिनिधि मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कोई व्यवधान नहीं डालना चाहते है क्छ राजनीतिक मंशा वाले ही लोग ऐसी बाते कर रहे है